नवीन पटनायक ओडिशा के तथा जगन मोहन रेड्डी आंध्रप्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे सत्रहवीं लोकसभा चुनाव की प्रकिया के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है राज्य के सभी चिकित्सा केन्द्रों को अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर के सीमावर्ती गांव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें शपथ दिलायेंगे उनके साथ केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्य भी शपथ लेंगे

बाद में श्री मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़गी उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है

श्री मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्दा सुमन अर्पित किये वहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे श्री मोदी अपनी मां से आर्शीवाद भी लेंगे

बैठक में नवीन पटनायक को नेता चुना गया इसके बाद श्री पटनायक ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया

राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के बारे में जल्दी ही फैसला किया जाएगा पार्टी के विधायक दल ने मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए श्री गोले को अधिकृत किया है

श्री रेड़डी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की

श्री घोष आज सिरोही जिले के माउण्ट आबू में आध्यात्मिकता के द्वारा राष्ट्र की गरिमा एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने में न्याय विदों की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे

जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ वीकेमाथुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बाद राज्य के सभी सीएमएचओ को इस संबंध में निर्देश दिए गए है चिकित्सालयों को अपने अपशिष्ट कचरे का नियमों से निस्तारण करने और प्रद्षण नहीं फैलाने का अनापत्ति पत्र प्रदूषण बोर्ड से लेकर चिकित्सा विभाग को देना होगा

इसके लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारी स्कूलों में सप्ताह में एक पीरियड लेंगे अजमेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बच्चों को मौसमी बीमारियों को साथ स्वाईन फ्लू मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के लक्ष्ण और उनसे बचाव की जानकारी दी जाएगी उन्होंने बताया कि एलोपैथी के साथ आयुष होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक भी बच्चों को इस बारे में जानकारी देंगे

राजधानी जयपुर में भी नगर निगम ने तीन अलग अलग स्थानों पर फायर सेफ्टी ड्रिल का अभ्यास किया जिन संस्थानों के पास नगर निगम की फायर एनओसी नहीं है उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि बीकानेर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को दो दिन के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम के नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सीज करने के निर्देश दिये हैं

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और होटल्स जैसी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है

सत्रों ने बताया कि सीमा पर स्थित पोछिना गांव के लोग क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग कर रहे थे

सीमा पर स्थापित यह देश का पहला कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र है

प्राधिकरण की जयपुर निदेशक अर्चना मिश्रा ने बताया कि इस प्रशिक्षण में बच्चों के लिए कानूनी सहायता और उनसे संबंधित कानूनों की जानकारी दी जा रही है उधर सवाईमाधोपुर जिले में भी किशोर न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों सहित बाल मनो वैज्ञानिक और यूनिसेफ के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग अकादमी के परेड ग्राउण्ड में सेरेमोनियल परेड की सलामी लेंगे इससे पहले पुलिस सेवाओं के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है बांसवाडा रिजर्व पुलिस लाईन में आज सुबह रन फोर यूनिटी का आयोजन किया गया झूंझुनू में भी पुलिस लाईन से साईकिल रैली निकाली गई इसके बाद पेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी आज रन फोर युनिटी आयोजित की गई

हमारे बाडमेर संवाददाता ने बताया कि गर्मी और ल से लोगों को काफी परेशानी हो रही है

सिरोही जिले में तेज गर्मी के कारण मैदानी इलाकों के अलावा यहां के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउण्ट आबू में आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी हो रही हैं

इधर प्रदेशभर के बीएसटीसी कॉलेजों में भी प्रवेश के लिए आज ही परीक्षा का आयोजन किया गया इस परीक्षा के लिए प्रदेशभर में दो हजार से अधिक केन्द्र बनाए गए थे

बीकानेर के जसरासर क्षेत्र में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई उधर धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में सडक दर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई वहीं पाली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार के पलट जाने से एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए झूंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी में बांध में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

इस भारतीय निशानेबाजों में जयपुर की अपूर्वी चंदेला भी शामिल हैं